लोकसभा में शून्यकाल में इस मुद्दे से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने फिर कहा कि सरकार ऐसे जघन्य अपराधो को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है

इससे पहले कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने अलवर में भीड़ द्वारा हिंसा की घटना पर पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाया और मामले की जांच उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में कराने की मांग की गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने आज उच्चाधिकारियों के साथ अलवर के रामगढ पहुंचकर रकबर मृत्यु प्रकरण में घटनास्थल का जायजा लिया उनके साथ पुलिस महानिदेशक ओ पी गल्होत्रा और पुलिस तथा प्रशासन के आला अधिकारी भी साथ थे इससे पहले श्री कटारिया ने आज सुबह इस प्रकरण को लेकर जयपुर में एक उच्चस्तरीय बैठक की बैठक के बाद उन्होंने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इस प्रकरण में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा श्री कटारिया ने कहा कि वस्तुस्थिति का मुआयना करने के बाद ही मामले की न्यायिक जांच कराने का निर्णय किया जाएगा

इस व्यवस्था के जरिये ज्यादा से ज्यादा बाजारों को राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नैम से जोड़ा जा रहा हैं यह एक इलैक्ट्रोनिक व्यापार पोर्टल है जिसे पूरे भारत में उपलब्ध कराया गया है

इस कार्यकम के लिए श्रोता नरेन्द्र मोदी एप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने ये जानकारी दी

इस बीच प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर जारी मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है झालावाड़ में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही वर्षा से कई निचले इलाको में पानी भर गया है जिले के ग्रामीण इलाको में कई खेत पानी से भरे हुए हैं जिले के कालीसिंघ बांध में पानी की भारी आवक हुई है जिससे उसके गेट खोलकर अतिरिक्त पानी की निकासी की जा रही है

उघर सवाईमाघोपुर के खंडार क्षेत्र के सेमति नाले में बहे युवक और रवांजना डूंगर के मोडा की ढाणी में कल शाम बही एक बालिका के शव को बचाव दलों ने दूंढ निकाला

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि राज्य सरकार लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों तथा इनसे जूड़े उद्यमियों और कारोबारियों की हर तकलीफ को दूर करने के प्रति संकल्पबद्ध है श्रीमती राजे ने आज झालावाड़ में पत्थर उद्यमियों की विभिन्न एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यकम में कहा कि कोटा स्टोन से जुड़े उद्यमियों की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने उच्च स्तर पर पैरवी की उन्होंने कहा कि कोटा स्टोन पर जीएसटी की दरों में की गई कमी का फायदा इस उद्योग से जुड़े क्षेत्र के हजारों उद्यमियों और व्यापारियों को होगा मुख्यमंत्री ने आज झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता बूथ सम्मेलन में भाग लिया

इसमें सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर आम जीवन को सुलम बनाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए तैयार किए गए तीन बेहतरीन प्रोजेक्ट्स को नकद पुरस्कार दिया जाएगा

उन्होंने बताया कि जून में जिला स्वास्थ्य रैंकिंग में झुंझुनं जिले ने पहला स्थान प्राप्त किया है आनलाइन सिस्टम मिसाल से प्राप्त जिला स्वास्थ्य रैंकिंग में राजसमंद जिला दूसरे और सीकर जिला तीसरे स्थान पर रहा

नागौर जिले के रियांबड़ी कस्बे के मरूधर ग्रामीण बैंक से चोरों द्वारा तिजोरी काटकर लाखों रूपए चुराने की घटना सामने आई है

जालौर में आज विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सरकारी और निजी स्कूलों के संस्था प्रधानों की बैठक में बच्चों से संबंधित कानूनों के बारे में जानकारी दी गई